आज गैर सरकारी सदस्य कार्य संकल्प दिवस है इसमें विधायक सुखराम इंद्र सिंह विक्रम सिंह जरयाल राकेश पठानिया राकेश सिघा हर्षवर्द्वन चौहान और अनिरूद्व सिंह ने विभिन्न मुददों पर अपने अपने संकल्प दिए हैं

जीएसटी परिषद् ने आईटी शिकायत निवारण समिति को करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए कदम उठाने का अधिकार दिया है दुर्घटना शिमला जिले के झाकड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लवाड़ा में एक कार के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हैं घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है समाचार एजेंसी हिंदुस्तान समाचार के अनुसार यह हादसा बीती रात हुआ पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है उच्च न्यायालय प्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय व राज्य उच्च मार्गो पर विभिन्न स्थानों पर बनाए गए शौचालयों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने इस संबंध में एक जनहित याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को हाजिर होने के आदेश दिए हैं

मुलाकात भारत में रूस के राजदूत निकोले आर कुदाशिवा ने कल शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की इस मौके राज्यपाल ने कहा कि भारत व रूस के बीच वर्षो पुराने सांस्कृतिक व कूटनीतिक संबंध हैं एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश विघानसभा से जुड़ी खबरों को आज अखबारों ने अलग अलग शीर्षक से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक होंगे नियुक्त सरकार ने विस में रखा विधेयक पंजाब केसरी की सुर्खी है मुख्य व उप मुख्य सचेतक को मंत्रियों के बराबर मिलेंगी सुविधाएं दिव्य हिमाचल का कहना है हिमाचल के दो विधायकों को केबिनेट रैंक की तैयारी हिमाचल दस्तक लिखता है फिजूलखर्ची पर फिर एक हो गए माननीय दो विधायकों को केबिनेट रैंक कांग्रेस बोली हमें भी दो आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में नियुक्त होंगे सचेतक सह सचेतक दैनिक न्याय सेतु के अनुसार तबादलों पर तपा सदन विपक्ष का जमकर हंगामा

दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है दूसरे प्रोजेक्ट के फंड से पूर्व मंत्री बाली ने बनवाया ओबीसी भवन होगी जांचं दिव्य हिमाचल का शीर्षक है ज्वालामुखी अस्पताल नगरोटा ओबीसी भवन की होगी जांच होशियार मामले पर अमर उजाला की सुर्खी है जांच के लिए हाईकोर्ट ने दिया दो माह का वक्त

प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है कोर्ट के आदेश न मानने पर मुख्य सचिव एमडी एचआरटीसी तलब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय खेल विघेयक की फांस में लिखा है कि बेहतर होता अगर पूर्व विधेयक के आपत्तिजनक हिस्से पर बहस होती या नई प्रस्तावना का उल्लेख होता लेंकिन यहां तो बाकायदा इसे दरकिनार किया जा रहा है आपका फैसला ने अपने संपादकीय में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर पर टिप्पणी की है शीर्षक है सरकारी स्कूलों में शिक्षा